इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरीए है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर श्मन की बातश् कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम का आकाशवाणीए दूरदर्शन समाचारए प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा

वे मीट इन इंडिया रोड शो का श्भारम्भ भी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल कर रहे हैं

इसकी खासियत यह है कि इसे पोर्टेबल बनाया गया है और जरुरत के म्ताबिक इसके आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता है

बजट सत्र संसद का बजट सत्र कल दोनों सदनों के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के साथ ही समय से पहले समाप्त हो गया बजट सत्र का द्रसरा चरण आठ मार्च को श्रू हआ था और इसे आठ अप्रैल को समाप्त होना था

क्रिकेट भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज प्णे में खेला जा रहा है इंग्लैण्ड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया

प्लिस द्वारा चलाये गये इस अभियान को आपरेशन शंखनाद नाम दिया गया है